राज्य में अवैध खनन के साथ हो रही अवैध वसूली और खुले अवैध नाको के खिलाफ राज्य सरकार अभियान चलायेगी खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा

राज्य विधानसभा की कार्यवाही आठ जुलाई तक स्थगित कर दी गई है कल दूसरे दिन सदन में किसान कर्ज माफी बजरी खनन और एनएचएम भर्ती प्रकरण के मुद्दे पर लगातार हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई इन मुद्दो को लेकर भाजपा ने कल विधानसभा में सरकार पर गंभीर आरोप लगाये शुन्यकाल में भाजपा सदस्य कालीचरण सराफ अषोक लाहौटी और वासुदेव देवनानी ने एनएचएम में कंम्यूनिटी हैल्थ वर्कर्स के भर्ती प्रकरण की सीबीआई जांच कराने और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की वहीं उपनेता प्रतिदिन राजेंद्र राठौड़ ने अवैध बजरी खनन का मामला उठाया उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कारण ही बजरी संकट का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की मंषा जाहिर की जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया श्री धारीवाल दवारा विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की बार बार मंषा जाहिर करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी प्रकट करते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी

राज्य में अवैध खनन के साथ हो रही अवैध वसूली और खुले अवैध नाको के खिलाफ राज्य सरकार अभियान चलायेगी खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन को लेकर सरकार चिंतित और सतर्क है

मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने कहा है कि अजमेर वाया टोंक होते हए सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के लिए राज्य सरकार मुफ़त में जमीन देने को तैयार है यदि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो सरकार परियोजना की लागत की आधी राषि भी उपलब्ध कराएगी

लेकिन पूर्व सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए आधी राषि राज्य द्वारा वहन करने से इनकार कर दिया जिस कारण इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पाया

राजस्थान विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन गयी है जिसने सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही का सीधा प्रसारण यू टयूब पर शुरू किया है विधानसभा सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि पहली बार पंद्रहवी विधानसभा के दूसरे सत्र में कल से यू टयूब पर विधानसभा की सम्पूर्ण कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया गया

विधानसभा कार्यवाही की जानकारी के लिए टवीटर पर भी पेज बनाया गया है

इससे वाहन प्रदूषण में नब्बे प्रतिशत तक की भारी कमी आयेगी प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि किसानों द्वारा पराली जलाना वायु प्रद्षण का एक प्रमुख कारण है और वे इस मुद्दे पर पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे

जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्व तरीके से काम कर रही है उन्होंने कहा कि आम आदमी से लेकर कारपोरेट घरानों तक को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए

केन्द्र सरकार की पहल पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जन प्रतिनिधियों स्वंयसेवी संगठनों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी से प्रदेश के सभी खण्डों में ये अभियान चलाया जायेगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि अभियान के तहत जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन परम्परागत और अन्य जलाशयों की मरम्मत जलग्रहण क्षेत्र विकास और सघन वृक्षारोपण के कार्य बड़े पैमाने पर किये जायेगें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की फिर से शुरूआत करेंगे

राजस्थान के दौसा जिले की एक महिला उद्यमी गीता देवी का नाम तीन साल पहले प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आया था प्रधानमंत्री ने स्व रोजगार के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण गीता देवी की सराहना की थी

प्रदेश में तेज उमस के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है साथ ही बरसात न होने और तापमान में बढोतरी से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गयी है